हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा है कि पिंजौर में बनने वाली आध्निक सेब मंडी से हरियाणा का आर्थिक विकास होगा मंडियों के साथ प्रोसेसिंग युनिट लगाने पर विचार किया जायेगा राष्ट्रीय राजमार्गो पर स्थिल टोल प्लाजा पर एक दिसमुबर से फास टैग सेवा अनिवार्य हो जायेगी केन्द्रीय खेल राज्य मंत्री किरण रिजिज् ने कहा है कि खिलाडियों को खेल गतिविधियों के साथ फिट इंडिया मुवमेंट के साथ भी जुड़ना चाहिए

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री पुरूषोतम रूपाला ने आज राज्यसभा में यह जानकारी दी मंत्री ने कहा कि पराली जलाने से ने केवल वाय् प्रदूषण होता है बल्कि इससे मिट्टी के ग्णवता और उपजाऊ क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है

उन्होंने कहा कि मिट्टी के तापमान नमी और मिट्टी के अन्य गुणों पर भी पराली जलाने के कारण बुरा असर पड़ता है केन्द्र सरकार ने कहा है कि केन्द्रीय प्रद्रषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रतिभागियों के विसर्जन से सम्बधित पर्यावरण सम्बधी समस्याओ के समधान करने के लिए मौजूदा दिशा निर्देशों और अधिक कारगर बनाने के िलए इनकी समीक्षा करने का फैसा किया है

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू से आने वाले सेबों को दूर दराज स्थानों जैसे दिल्ली बैंगलोर और चेन्नई के कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है जिससे परिवहन में अत्याधिक खर्च तो होता ही है साथ ही फलों व सब्जियों की ग्णवत्ता पर भी असर पड़ता है इसलिए पिंजौर की सेब मंडी इन तमाम समस्याओं का समाधान करेगी कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश और अन्य प्रांतों में कॉल्ड स्टोरेज की क्षमता कम होने के कारण ज्यादातर सब्जियां और फल बर्बाद हो जाते हैं इसलिए इस सेब मंडी या प्रदेश की अन्य मंडियों के साथ ही प्रोसैसिंग यूनिट लगाने पर भी विचार किया जाएगा सिरसा जिले के पुलिस प्रमुख राजेश क्मार ने बताया कि एक दिसम्बर को जिला प्लिस व स्थानीय प्रशासन द्वारा शहर में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा

इस अवसर पर एक जागरूकता रली भरी निकाली जायेगी प्लिस प्रम्ख ने बताया कि राहगिरी कार्यक्रम का उद्देश प्लिस व आज जनता के सम्बधों के और अधिक मजबूत कराना है फतेहाबाद में किसान पराली जलाने पर मामले दर्ज के विरोध में लघ् सचिवालय के बाहर आज से भूख हडताल पर बैठ गये है

किसानों का कहना है कि सरकार पराली जलाने को लेकर किसानों पर दर्ज किये मामले वापिस नहीं लेती तबतक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी

का कहना है कि किसानों को पराली प्रबंध के लिए यंत्र उपलब्ध नहीं करवाये जा रहे और अगर किसान पराली जला रहे है तो उस पर मामले दर्ज किये जा रहे है हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायाण आर्य ने आज राजभवन में पासपोर्ट कार्यालय राजभाषा पत्रिका हिन्दी गौरव के तृतीय अंक का विमोचन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिन्दी राष्ट्र को जोड़ने वाली भाषा है सरकारी कार्यालय में हिन्दी भाषा को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए श्री आर्य ने अधिकारियों का आहवान किया कि वे राजभाषा को बढ़ावा देने के एि समर्पित भावनासे कार्य करे इससे भाषा का विकास भी होगा और राष्ट्र को मजबूती मिलेगी राष्टरीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा पर वाहनों के सुगम आवागमन के लिए एक दिसबंर से फास्ट टैग सेवा अनिवार्य हो जायेगी रेवाड़ी उपाय्क्त यशेन्द्र सिंह ने आज अधिकारियों के साथ राजष्टरीय राजमार्ग पर स्थित गंगायचा जाट टोल प्लाजा पर नई व्यवस्था का जायजा लिया उन्होंने टोल प्लाजा कंपनी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नई व्यवस्था श्रू करते समय वाहन चालकों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए प्रशासन की ओर से भी डयूटी मजिस्ट्रेट और प्लिस स्रक्षा व्यवस्था की जाएगी उपाय्क्त ने कहा कि फास्ट टैग सेवा श्रू होने से टोल प्लाजाओं पर लगने वाली कतारों की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए फास्ट टैग के जरिए डिजिटल पेमेंट करके टोल अदायगी को अनिवार्य किया गया है अगर मोटर वाहन पर फास्ट टैग नहीं लगा होगा तो टोल का भुगतान दुगना लिया जाएगा

आज समापन समारोह में केन्द्रीय खेल एवं यूवा कार्यक्रम राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने विजेता खिलाडियों को प्रस्कार देकर सम्मानित किया

केन्द्रीय खेल राज्य मंत्री ने इस मौके पर संबोधित करते हए कहा कि केन्द्र सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है और खिलाडियों को प्रशिक्षण के लिए आवश्यक स्विधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने खेलों के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश और राज्य सरकार की खेल नीति की सराहना करते हए कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस छोटे से प्रदेश के खिलाडिय़ों ने अपनी मेहनत और प्रदर्शन के बल पर विशेष पहचान स्थापित की है

पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से यमुनानगर का जल स्तर घटने पर यम्नानगर के हाईडल परियोजना मे बिजली उत्पादन कम हो गया है

बैसाखी के अवसर पर पाकिस्तान में सिक्ख धर्म स्थलों की यात्रा पर जाने के इच्छ्क हरियाणा के श्रद्वाल्ओं से आवेदन मांगे गये है

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविदयाय की सत्रांत परीक्षा दो दिसम्बर से श्रू होगी जो तीन जनवरी तक चलेगी

इग्नू क्षेत्रीयय केन्द्र के निदेशक डा अनिल क्मार डिमरी ने बताया कि छात्रों को परीक्षा के लिये प्रवेश के समय विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये वैद्य पहचान पत्र रखना जरूरी है